प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका के इतिहास में यह स्वर्णिम अध्याय है क्योंकि दशकों पुराने मामले का अंत हुआ है और पूरे देश ने खुले दिल के साथ फैसले का समर्थन किया है देश को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कल कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्रों की दलीलें सुनी और यह खूशी की बात है कि अयोध्या का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाज के हर वर्ग ने इस फैसले का स्वागत किया है वह भारत की प्राचीन संस्कृति और सामाजिक सौहाई की परम्परा का प्रमाण है प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला और करतारपुर गलियारे का खोला जाना वर्लिन की दीवार गिरने के समान है जो एकता का संदेश देते हैं संदेश जोड़ने का है जुड़ने का है और मिलकर जीने का है इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटुता रही हो तो उसे तिलांजलि देने का भी दिन है गृह मंत्री अमित शाह ने फैंसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह आदेश एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा और इससे भारत की एकता तथा अखण्डता और मजबूत होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस फैसले से भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रणाली की शक्ति का पता चलता है श्री योगी ने अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुये अपने ब्लॉग में लिखा कि लगभग पांच सदी से चल रहे एक बडे और बहप्रतीक्षित विवाद का अन्ततः सुखद और संतोषप्रद समाधान प्राप्त हआ कांग्रेस ने भी राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आए इस फैसले का सम्मान किया है पार्टी ने सभी पक्षों और समृदायों से धर्म निरपेक्ष मुल्यों और संविधान में निहित भाईचारे की भावना का पालन करने की अपील की है बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के धर्म निरपेक्ष संविधान के तहत समी को उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये इस ऐतिहासिक फैसले का सम्मान करना चाहिए भारतीय अमरीकी समृदाय ने कहा है कि यह निर्णय हिन्द्रों और मुसलमानों दोनों की जीत है एक बयान में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे पुरातत्वविदो इतिहासकारों और भारतीय न्यायिक प्रणाली की जीत बताया अमरीकी संस्था फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने इसे एक संतुलित निर्णय बताया है अमरीकी विदेश विमाग के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य भारतीय नेताओं के बयानों की सराहना की है अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड़डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने सौहार्द के साथ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने देशवासियों को इस भाईचारे के लिए बधाई दी है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सभी ने जिस अनुकरणीय सौहाई सम्मान और सहयोग का परिचय दिया है उसके लिये हम आभारी हैं उन्होंने लोगों से भाईचारा और सौहाई बनाये रखने की अपील की है उधर अयोध्या में पुलिस अब कार्तिक पूर्णिमा की तैयारियों में जुट गई है अयोध्या मुद्दे पर फैसला आने के बाद से पुलिस शहर में शांति बनाए रखने के लिए लगातार सतर्क है अपर पुलिस महानिदेशक और अयोध्या में सुरक्षा मामलो के प्रभारी आशुर्तोष पाण्डेय ने आकाशवाणी को बताया कि पुलिस ने हर समुदाय के लोगों को विश्वास में लिया है और लोग भी संयत रहे हैं उन्होंने कहा कि अब पुलिस मिली जुली आबादी वाले इलाकों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है पैगम्दर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस मिलाद उन नबी आज प्रदेश भर में परम्रागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है उनका जन्म पांच सौ बहत्तर ईसवी में सऊदी अरब के शहर मक्का में हुआ था पैगम्बर साहब के जीवन और शिक्षाओं की जानकारी देने के लिए जगह जगह पर मिलाद महफिलों और सीरत सम्मेलनों का आयोजन किया गया है इस अवसर पर क्शीनगर जौनपुर हमीरपुर पीलीमीत औरैया बदायूं मैनपूरी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में जुलुस भी निकाले जा रहे हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बघाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद ए मिलादन नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह पर्व समाज में शान्ति और सदभाव को बढ़ाने के लिये नयी प्रेरणा देगा